उच्चतम न्यायालय ने बिहार और उत्तर प्रदेश के आश्रय गृहों में बालिकाओं तथा महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इन राज्यों की सरकार को फटकार लगायी है न्यायालय ने सवाल किया कि आखिर ऐसी भयावह घटनाएं कब बंद होगी न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और दीपक गुप्ता की क पीठ ने उत्तर प्रदेश के एक आश्रय गृह से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय से राज्यों से ऐसे आश्रय गृह में रहने वाले बच्चों का आंकड़ा तैयार कर अदालत में पेश करने को कहा मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और की स्वयंसेवी संस्थाओं के सभी पदधारकों की चल अचल संपत्ति जब्त की जायेगी जिलाधिकारी मोहम्मद सुहैल ने इस संबंध में मुसहरी के अंचलाधिकारी को आदेश जारी किया है जिला निबंधन कार्यालय ने स्वयंसेवी संस्था के नाम से सभी संपत्तियों की सूची अंचलाधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी है दूसरी तरफ राज्य सरकार ने ब्रजेश ठाक्र के सभी एनजीओ का निबंधन रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है इधर गृह के कमरों की जांच के लिए सीबीआई फारेंसिक विशेषज्ञों की मदद लेगी इसके लिए जांच एजेंसी ने सेंट्रल फारेंसिक साइस लेबोरेट्री दिल्ली से विशेषज्ञों की एक टीम बुलायी है इस टीम के समक्ष ही इन कमरों को आज खोला जायेगा वहीं सीबीआई की मांग पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच में सहयोग के लिए चार मनोचिकित्सकों की तैनाती कर दी है पटना पुलिस ने राजीवनगर स्थित एक बालगृह से चार बच्चियों को भगाने के लिए उकसाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वरीय पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय लोगों ने बाल गृह से फरार होने की कोशिश कर रही बच्चियों को रोका और इसकी जानकारी पुलिस को दी भागलपुर का बहुचर्चित सृजन घोटाला अब उन्नीस सौ करोड़ रूपये से अधिक का हो गया है सहकारिता विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है इससे पूर्व सीबीआई की जांच में सोलह सौ करोड़ रूपये की अवैध निकासी का पता चला था सरकार की ऑडिट रिपोर्ट में सृजन महिला विकास समिति लिमिटेड सबौर से लाभ लेने वालों की लंबी सूची है रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए निबंधक ने सात सदस्यीय टीम का गठन किया है समीक्षा के बाद इसके दायरे में आने वाले कई पूर्व जिलाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ पदाधिकरियों पर कार्रवाई की जायेगी बिहार पुलिस ने आम लोगों के सहयोग से अफवाहों और गलत सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस पब्लिक वाट्सएप ग्रुप बनाने का फैसला लिया है

इस महीने के अंत तक ऐसे चौदह सौ उनसठ वाट्सएप ग्रुप बनाने का लक्ष्य रखा गया है इस ग्रुप को साइवर सेनानी समूह का नाम दिया गया है हर जिले में तीन स्तर पर इस ग्रुप का निर्माण किया जायेगा प्रलिस महानिदेशक ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य गलत सूचनाओं पर रोक लगाकर साम्प्रदायिक सौहार्द और शांति व्यवस्था बनाये रखना है सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा है कि अब किसानों से मक्का और दलहन की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी पैक्सों में एक हजार छह सौ बानवे करोड रूपये की लागत से कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किये जायेंगे श्री सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यह राशि उपलब्ध करायेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश के आठ हजार चार सौ तिरसठ पैक्सों को अधिकतम बीस लाख रूपये की राशि दी जायेगी इसमें पचास प्रतिशत अनुदान और पचास प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जायेगा विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य अब हर साल तीन करोड़ रूपये तक की योजनाओं की अनुशंसा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनाओं के तहत कर सकेंगे इस संबंध में योजना और विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है अधिसूचना में कहा गया है कि विधायक अपने क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं के भीतर ही योजनाओं की अनुशंसा करेंगे वहीं राज्यपाल द्वारा मनोनीत विधान पार्षद किसी दो जिलों का मनोनयन कर सकेंगे रेलवे परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए आज सुबह गया से दुर्ग के लिए विशेष ट्रेन खुलेगी वापसी में दुर्ग से यह ट्रेन तेरह तारीख को रात्रि के साढ़े आठ बजे गया के लिए प्रस्थान करेगी वहीं दरभंगा से भूवनेश्वर के लिए दिन के तीन बजे विशेष ट्रेन का परिचालन किया गया है वापसी में यह ट्रेन चौदह अगस्त को रात आठ बजे भुवनेश्वर से दरभंगा के लिए खुलेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडियट में नामांकन के लिए ऑनलाईन मेरिट लिस्ट बारह अगस्त को जारी करेगा पहले यह ग्यारह अगस्त को जारी होना था समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि मेरिट लिस्ट के आधार पर ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी उन्होंने बताया कि इंटर में नामांकन के लिए ग्यारह लाख सैंतालीस हजार परीक्षार्थियों ने निबंधन कराया है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की फौकनिया और मौलवी की परीक्षा सत्ताईस अगस्त से होगी मदरसा बोर्ड के सचिव मोहम्मद जाहिद हुसैन ने बताया कि इन परीक्षाओं के लिए तैंतीस जिलों में दो सौ अठहत्तर केन्द्र बनाये गये हैं फौकनिया की परीक्षा में सड़सठ हजार से अधिक जबकि मौलवी की परीक्षा में अड़तालीस हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे आज महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि है आज ही के दिन वर्ष उन्नीस सौ आठ में ब्रिटिश शासन ने उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया था राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीद खुदीराम बोस को याद करते हुए उन्हें देश के स्वतंत्रता आंदोलन का महान सपूत बताया है इस अवसर पर मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस केन्द्रीय कारागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी एसएसपी और जिले के अन्य वरीय पदाधिकारियों ने खुदीराम बोस के फांसी स्थल पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वापूर्वक याद किया खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र के मील रोड पर देर शाम अपराधियों ने आनंदपुर मारण पंचायत की पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गया पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है वैशाली जिले के विद्युपर थाने के दाउदपुर गांव से पुलिस ने सत्तर किलो गांजा बरामद किया है शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र के बेलवा नरकटिया गांव के पास बागमती नदी के किनारे से पुलिस ने करीब एक हजार दो सौ बोतल नेपाली शराब बरामद की है पटना जिले में स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गयी है कला संस्कृति और युवा विभाग के वार्षिक खेल कैलेंडर के आलोक में शुरू हुई इस प्रतियोगिता के पहले दिन वॉलीबाल प्रतियोगिता का खिताब बापू स्मारक हाई स्कूल ने जीता उसने फाइनल मुकाबले में टाइम इंटरनेशनल स्कूल को पराजित किया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में सात हजार पांच सौ बाईस करोड़ से अधिक की बिजली परियोजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण और उद्घाटन की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से स्थान दिया है इसके अलावा अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने लिखा है नवम्बर तक सभी घरों में बिजली नीतीश अखबार की एक अन्य सुर्खी है विपक्ष के हंगामे से तीन तलाक विधेयक लटका दैनिक जागरण ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता को सुर्खी बनाते हुए लिखा है सड़क पर हुड़दंग कर हीरो बनने वाले अपना घर जलाकर दिखायें दैनिक भाष्कर लिखता है सितम्बर से घरों में लगेंगे प्री पेड बिजली मीटर दो साल के अंदर बदल दिये जायेंगे जर्जर तार अखबार ने विश्व जैव ईंधन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन को रोचक सुर्खी बनाते हुए लिखा है अब बॉयोफ्यूल पर बात के लिए मोदी ने सुनाया चाय वाले का किस्सा बोले चाय बनने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है प्रभात खबर ने लिखा है ब्रजेश के एनजीओ के सभी सदस्यों की संपत्ति सरकार कब्जे में लेगी